स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

बोर्ड ने सूचित किया है कि परीक्षा की नई तारीखों पर अंतिम निर्णय इस वर्ष जून के प्रथम सप्ताह तक लिया जाएगा

इस बीच राज्य के वेस्ट कामेंग जिले दो रोगी स्वस्थ हुए राज्य में क्ल संक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर बानबे हई राज्य में कल कोविड जांच के लिए पांच सौ इकहत्तर सैंपल एकत्र किए गए

राज्यपाल ने कहा है कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है लिहाजा राज्य में भी सभी लोगों की स्रक्षा के लिए ऐहतियात बरतना जरुरी है उन्होंने जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि वे कोरोना से बचाव के लिए सक्रिय होकर जागरुकता पैदा करें राज्यपाल ने कोविड उचित व्यवहार अपनाने और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति पर काम करने का सुझाव दिया उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अनुभवी जिम्मेदार और प्रभावशाली व्यक्ती होने के कारण लोगों को समझाएं कि वे भीड़वाली जगहों पर न जाए और ना ही भीड़ इकद्वा करें सार्वजनिक स्थानों पर न थ्कें और अफवाह न फैलाएं राज्य में सेना और अर्धसैनिक बलों की आवाजाही को लेकर लोगों की चिताओं पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हए राज्यपाल ने कहा है कि उन्होंने कोलकाता स्थित ईस्ट्रन आर्मी कमांड के कमांडर से बात की है उन्होंने बताया है कि उनके सत्तानबे से निन्यानबे फीसदी जवानों को कोविड का टीका लगाया जा च्का है अगर किसी जवान में कोविड के लक्षण नजर आते हैं तो उन्हें आर्मी स्टेशनों में ही रखा जाता है और फॉरवर्ड पोस्ट पर भैजने से पहले उनका इलाज कराया जाता है

श्क्रवार की शाम शिक्षा सचिव निहारिका राय के साथ लंबित छात्रवृत्ति के मुद्दे पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों की समस्याओं से परिचित है और जनजातीय मंत्रालय के तहत विश्वविद्यालय पोस्ट मेट्रिक और विभिन्न स्ट्रीम में अध्ययन कर रहे छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करने की प्रक्रिया चल रही है डायट के छात्रों के वजीफे के मुद्दे पर श्री तेदिर ने कहा है कि प्राथमिक और माध्यमि शिक्षा निदेशायल ने इस वर्ष फरवरी और मार्च के लिए आठ करोड़ नब्बे लाख करोड़ जारी की है उन्होंने कहा है कि शेष धनराशि जल्द जारी कर दी जाएगी

इस बैठक में विधायक तानिया सोकी रोदे ब्ई विभागीय प्रम्खों और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया बैठक में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उनके शिकार और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अलावा इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया गया